राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं

मतदान की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आज जगदलपुर में अधिकारियों की एक बैठक ली और इस सीट पर सुरक्षा बलों की आवश्यकता और तैनाती की समीक्षा की इस दौरान निर्वाचन से जुड़े विभिन्न विषयों पर सेक्टर अधिकारी और नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया इस सीट के लिए तीस सितंबर तक नामांकन भरे जा सकते हैं आगामी एक अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और तीन अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे चित्रकोट उप चुनाव के लिए मतगणना चौबीस अक्टूबर को होगी

रायपुर नगर निगम में सत्तर में से चालीस वार्ड सामान्य वर्ग के लिए घोषित किए गए हैं शहीद स्मारक भवन में कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों और नेताओं के अलावा कलेक्टर एस भारतीदासन नगर निगम कमिश्नर शिव अनंत तायल की मौजूदगी में वार्डो का लॉटरी के जरिए आरक्षण तय किया गया अनुसूचित जाति वर्ग के लिए नौ जनजाति वर्ग के लिए तीन और अट्ठारह वार्डों को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है इन सभी वार्डो में महिलाओं के लिए तेईस वार्ड आरक्षित किए गए हैं इनमें से दो वार्डो पर अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाएं एक वार्ड पर अनुसूचित जनजाति और पांच वार्डो पर अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं पार्षद चुनाव लड़ सकेंगी वर्ष दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार रायपुर की जनसंख्या दस लाख अड़तालीस हजार से अधिक है माओवादी गिरफ्तार माओवादी नेता आजाद की पत्नी और तेलंगाना स्टेट कमेटी की सदस्य सुजाता उर्फ नागाराम रूपा को आज बीजापुर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया सुजाता को बीजापुर पुलिस वारंगल कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार उनतीस सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे इस मासिक कार्यक्रम की यह संतावनवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम सुबह ग्यारह बजे से आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा ओडीएफ घोषणा महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के मौके पर दो अक्टूबर को अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में भारत को खुले में शौच से मुक्ति की औपचारिक घोषणा की जाएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित विराट सम्मेलन में यह घोषणा करेंगे वे देशभर से आए बीस हजार से अधिक सरपंचों को संबोधित करेंगे गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि इन सरपंचों में से दस हजार गुजरात से होंगे इसके अलावा छत्तीसगढ़ उत्तरप्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान मध्यप्रदेश पंजाब हरियाणा बिहार और अन्य राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के सरपंच भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे स्कूल गुणवत्ता नरवा गरूवा घुरूवा और बाड़ी योजना के तहत राज्य के स्कूल परिसरों में बाड़ियों का विकास किया जाएगा यह निर्देश स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कल रायपुर में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में दिए उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में कृषि कार्यों के प्रति रूचि बढ़ेगी और मध्यान्ह भोजन के लिए सब्जियां भी उपलब्ध हो सकेंगी स्कूल शिक्षा मंत्री ने बैठक में यह भी बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुसार स्कूलों में कृ षि विषय में पढ़ाई शुरू करने की पहल की जाएगी मंत्री ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा की ऐसी गुणवत्ता होनी चाहिए जिससे निजी स्कूलों के छात्र भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए आएं सामाजिक न्याय सम्मेलन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिहार के पटना में युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में शामिल हुए वक्ताओं ने श्री बघेल के छत्तीसगढ़ में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह समाज के पिछड़े और वंचित तबकों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है दुर्ग भिलाई रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ रायपुर रेलमंडल के अंतर्गत दुर्ग और भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन को आईएसओ एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का इंटरनेशनल प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है पूरे मध्य भारत में रायपुर के बाद दुर्ग और पावर हाउस स्टेशन को यह दर्जा हासिल हुआ है आज दुर्ग रेलवे स्टेशन पर हुए एक समारोह में रायपुर रेलमंडल के प्रबंधक कौशल किशोर को यह प्रमाण पत्र सौंपा गया श्री किशोर ने बताया कि स्टेशन परिसर में स्वच्छ वातावरण और हाइजीनिक सिस्टम पेयजल जैसी अन्य सुविधाओं के विभिन्न मापदंडों को जांचने के बाद ही दुर्ग और पावर हाउस स्टेशन को यह दर्जा दिया गया है रेलवे बैठक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने कल वीडियो कॉन्फ्रॅसिंग के माध्यम से सभी जोनों के महाप्रबंधकों और अधिकारियों की एक बैठक ली और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चल रहे कार्यो की जानकारी ली और सभी निर्माण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दो दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं वे कल रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के ग्राम वनचरौदा में सुराजी ग्राम योजना के तहत निर्मित आदर्श गौठान का निरीक्षण करेंगे साथ ही गोबरा नवापारा में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होंगे श्री गहलोत का कल जयपुर लौटने का कार्यक्रम है युवा उत्सव प्रदेश में युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने और उनकी प्रतिभाओं में निखार लाने के लिए आगामी पंद्रह अक्टूबर से चौदह जनवरी तक युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा विकासखण्डों में यह आयोजन पंद्रह अक्टूबर से पंद्रह नवंबर जिला स्तर पर पंद्रह नवंबर से दस दिसंबर और राज्य स्तर पर राजधानी रायपुर में बारह से चौदह जनवरी तक किया जाएगा राज्य युवा उत्सव में गायन वादन और नृत्य की पच्चीस विभिन्न विधाओं को शामिल किया गया है उत्सव में इस वर्ष पहली बार गेंड़ी नाचा राउत नाचा डंडा नाचा रॉक बैंड पारम्परिक वेशभूषा फूड फेस्टीवल और चित्रकला की प्रतियोगिताएं होंगी इनमें फूड फेस्टीवल प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ के व्यंजनों पर और चित्रकला प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पर आधारित होगी विकासखण्ड स्तर पर आयोजित युवा उत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कलाकार ही जिला स्तरीय युवा उत्सव में भाग ले सकेंगे इसी तरह जिला स्तर पर पहला स्थान पाने वाले कलाकारों को ही राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा

छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेशवासियों को पर्यटन दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की कल दोपहर दो बजे रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी इसके बाद कल ही शाम चार बजे से पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी होगी वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य ओमप्रकाश पुजारी का आज रायपुर में निधन हो गया राज्य के सरकारी और निजी शिक्षा महाविद्यालयों में बीएड डीएलएड बीए बीएड और बीएससी बीएड की रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए कल तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं